रेलवे बोर्ड ने इस तरह के दस्तावेजों को वैध पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दे दी है इस संबंध में सभी जोन और रेल मंडलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं रेलवे ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में चल रहे ग्यारह पहचान पत्र भी मान्य रहेंगे ट्रेन प्रभावित बिलासपुर से भनवारंटक और खोडरी रेलवे स्टेशन के बीच आज सुबह रेलवे ट्रैक पर पहाड़ धसकने से कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हई हादसे की खबर लगते ही गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया पटरी से मलबा हटाने के बाद आज सुबह करीब साढ़े नौ बजे इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो पाई इस घटना की वजह से बिलासपुर से कटनी और पेंड्रारोड जाने वाली मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया वहीं शालीमार से उदयपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को बिलासपुर से आगे कटनी मार्ग पर पैसेंजर के रूप में रवाना किया गया हाथी आतंक कोरिया जिले में हाथियों के दो दल खड़गवां और बैकुंठपुर जनपद क्षेत्र में इन दिनों विचरण कर रहे हैं जिसके कारण आसपास के गांवों के लोग दहशत में हैं आज हाथियों के एक दल ने बंजारीडांड गांव में चौदह से ज्यादा घरों को तोड़ दिया प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित जगह भेजा गया है कल हाथियों का यह दल खड़गवां जनपद क्षेत्र के बहालपुर क्षेत्र के जंगलों में देखा गया था जिसने आज बंजारीडांड गांव में उत्पात मचाया हाथियों का दूसरा दल अभी बैक्ठप्र के सलबा के जंगलों में विचरण कर रहा है इस दल ने सोनहत में एक घर को क्षतिग्रस्त किया है हाथियों के उत्पात से ग्रामीण रतजगा करने पर विवश हैं वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है और मुआवजे का प्रकरण बनाए जा रहे हैं धान कस्टम मिलिंग प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग इकतीस जुलाई तक नहीं करने पर संबंधित मिलरों पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम ने तीस जून तक कस्टम मिलिंग करने के निर्देश दिए थे खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार कस्टम मिलिंग नीति के तहत मिलरों को छप्पन लाख इकहत्तर हजार मीटरिक टन धान दिया गया था लेकिन मिलरों ने तैंतीस हजार मीटरिक टन से अधिक चावल जमा नहीं कराया है इसे देखते हुए कस्टम मिलिंग की तारीख इकतीस जुलाई तक बढ़ाई गई है

पुलिस अधीक्षक केएल ध्रव ने बताया कि बीएसएफ का एक दल मरबेड़ा कैंप से गश्त पर निकला हुआ था इसी दौरान ताड़वाली के जंगल में घात लगाकर बैठे माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया इस हमले में बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए मौसम प्रदेश में मानसुन के सक्रिय होने से लगभग सभी जगहों पर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घटो के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है वहीं उत्तरी हिस्से में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक दस सेंटीमीटर बारिश मगरलोड और दुर्गुकोंदल में हई मौसम विभाग ने बताया है कि इस समय एक द्रोणिका अंबिकापुर से ओडिशा की ओर जा रही है साथ ही एक चक्रवात भी बना हआ है इसके असर से बारिश हो रही है राजधानी रायपुर में कल शाम से रूक रूककर बारिश हो रही है इससे निचले इलाकों में पानी भर गया और लोगों को कार्फी परेशानी हुई इस बीच प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं खासकर नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए ऐहतियाति कदम उठाए जा रहे हैं दुर्ग जिले में आपदा प्रबंधन विभाग अब पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ गया है शिवनाथ खारून और आमनेर नदी के किनारे बसे करीब अस्सी गांव अतिसंवेदनशील माने गए हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ऐसे गांवों में पंचायत भवन और स्कूलों में राहत शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं

इस सुविधा के तहत पांच सौ से हजार रूपये में ही शरीर में किसी भी प्रकार के कैंसर का समय से पहले से पता लगाया जा सकेगा और बाद में इसका इलाज भी किया जाएगा कैंसर की जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनें एम्स में लगाई गई हैं

मुंगेली पौधा जन्मदिन मुंगेली में एक समाजसेवी संस्था द्वारा आज पौधों का जन्मदिन मनाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया इस संस्था से जुड़े युवाओं द्वारा मुंगेली में सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं

इसी उपलक्ष्य में इन पौधों का जन्मदिन मनाकर पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी पहल शुरू की गई

प्रदेश में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें एक ही मैदान के दो हिस्सों में दो अलग अलग मैच खेले जाएंगे इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और प्रतिभाओं को मंच देना है स्पर्धा के पहले दिन आज कुल दस मैच खेले जाएंगे स्पर्धा का आयोजन इस्पात क्लब मैदान में किया जा रहा है संक्षिप्त समाचार कांग्रेस द्वारा प्रदेश के चौंतीस जिला संगठनों की कार्यकारिणी में नई नियुक्तियां की जा रही है पहली सूची में बस्तर ग्रामीण सुकमा और दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी गई है जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा के गोपाल नगर में प्रस्तावित एक निजी पावर प्लांट से प्रभावित होने वाले गांवों मुलमुला परसदा और अर्जुनी के ग्रामीणों ने आज कलेक्टोरेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया प्रदेश के आदिवासी अंचलों में विषय विशेषज्ञों के तर्ज पर पदस्थ विद्या मितान ने आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया और संविलियन की मांग की लघु वनोपज यूनियन और किसान कांग्रेस के बैनर तले आज सैकड़ों तेंद्रपत्ता प्रबंधकों और फड़ मुंशियों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर में प्रदर्शन किया वहीं रायपुर में आज सब्जी दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने से नाराज विक्रेताओं ने मंत्री राजेश मूणत के बंगले के सामने सड़क पर सब्जी फेंककर प्रदर्शन किया राजधानी रायपुर में कल देर रात एक प्लाईवुड गोदाम में आग लग गई घटना की खबर लगते ही फायर बिग्रेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंच गई काफी मशक्कत के बाद करीब चार घंटे में आग पर काबू पाया जा सका धमतरी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों और शहीद जवानों के परिवार का सम्मान किया गया